सुब्रमण्यन अर्थव्यवस्था मुख्य आर्थिक सलाहकार केवीसुब्रमण्यन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हैं और सकल घरेलू उत्पाद की दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से गति पकड़ेगी कल जारी सकल घरेलू उत्पाद के आकड़ों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए छह दशमलव एक और अगले वित्त वर्ष के लिए सात प्रतिशत की विकास दर की भविष्यवाणी की है गौरतलब है कि देश की आर्थिक वृद्वि दर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के दौरान कम होकर साढ़े चार प्रतिशत दर्ज हई जो छह वर्ष से अधिक का न्यूनतम स्तर है

पिछले वर्ष की इसी छह महीने की अवधि में यह दर साढ़े सात प्रतिशत रही थी आयुष्मान मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आयुष्मान मध्यप्रदेश योजना का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं भोपाल में कल हुई एक बैठक में उन्होंने कहा कि सबको समय पर निकटतम स्वास्थ्य कोन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए बैठक में स्वास्थ मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद थे यूरिया संकट कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है श्री यादव ने बताया कि शासन ने माँग के अनुसार यूरिया का पूर्व भण्डारण सुनिश्चित कराया है किसानों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है

इससे पहले प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कल आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश में किसान यूरिया को लेकर परेशान हो रहे हैं श्री भार्गव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के राज में फिर से प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो गयी है झारखंड मतदान झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है इस चरण में छह जिलों चतरा पलामू गुमला गढ़वा लातेहार और लोहरदग्गा के तेरह निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं ये सभी सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं

जबकि यह हुसैनाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिंह को समर्थन दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल चार छह और तीन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के इंटेलीजेन्स ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और कान्फ्रेंस सेक्रेटरी ऋत्विक रुद्र ने पत्र के जरिए यह सूचना मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह को दी है

प्रहलाद पटेल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज सागर के डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविदयालय के भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के नवीन संग्रहालय भवन का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे